राज्य में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर

अब तक पंचानवे हजार तीन सौ बहत्तर लोग हुये स्वस्थ

मीट और मछली की दुकानें भी सुबह चार घंटें ही खोली जा सकेंगी

आयोग ने इन सभी को चुनाव कार्य से अलग रखने का दिया निर्देश राज्य के अधिकांश हिस्सों में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है

इन सभी छह राहत शिविरों में पांच हजार एक सौ छियासी लोग शरण लिये हुये हैं वहीं दो सौ उनहत्तर सामुदायिक रसोई चलाए जा रहे हैं जिनमें प्रतिदिन दो लाख नौ हजार सात सौ अठाईस लोग भोजन कर रहे हैं गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुये राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ और राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ की टीमों को बक्सर और भोजपुर इलाके में तैनात किया जा रहा है अपर सचिव ने कहा कि अब तक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नौ लाख बासठ हजार छह सौ सत्रह पीड़ित परिवारों को छह छह हजार रुपये प्रति परिवार की दर से पांच सौ सतहत्तर करोड़ रुपये राहत राशि का भुगतान किया गया है प्रदेश में गंगा नदी के जलस्तर में लगातार व्रद्धि जारी है गंगा नदी के जलस्तर में बक्सर में बारह सेंटीमीटर पटना के दीघा में पच्चीस सेंटी मीटर और गाँधी घाट में सत्रह सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है पटना के गांधी घाट में गंगा खतरे के निशान से छब्बीस सेंटीमीटर और हाथीदह में तेईस सेंटीमीटर ऊपर है जबकि भागलपुर के कहलगांव में पैंतीस सेंटीमीटर ऊपर है वहीं दूसरी ओर उत्तर बिहार में बाढ़ के हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं बागमती नदी कटौंझा में खतरे के निशान से अस्सी सेंटीमीटर बेनीबाद में उनसठ सेंटीमीटर और हायाघाट में एक सेंटीमीटर ऊपर है वहीं ब्रूढी गंडक का जलस्तर मुजफ्फरपुर के सिकन्दरपुर में खतरे के निशान से नीचे है जबकि समस्तीपुर में बयालीस सेंटीमीटर रोसड़ा में एक दशमलव चार छह मीटर और खगड़िया में एक दशमलव शून्य तीन मीटर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है घाघरा नदी का जलस्तर दरौली में अड़तालीस सेंटीमीटर और गंगपुर सिसवन में उनचास सेंटीमीटर खतरे के निशान से उपर है इधर डेहरी में इंद्रपुरी बैराज से दो लाख तीस हजार क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है बंगाल की खाड़ी से आने वाले कम दबाव के कारण पूर्णिया बेगूसराय नवादा और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों में तेज हवा के साथ बारिश और वजपात की आशंका है राज्य में कोरोना वायरस के संक्रमण में लगातार वृद्धि जारी है प्रदेश में कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर लगभग एक लाख बीस हजार हो गयी है स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार आज राज्य में दो हजार दो सौ अड़तीस नये मामले सामने आये हैं सबसे अधिक दो सौ उनासी मामलों की पुष्टि पटना जिले में हुई है पूर्वी चम्पारण जिले से एक सौ तैंतालीस मध्रबनी से एक सौ तेरह पूर्णियां में एक सौ एक गया से तिरासी संक्रमण के मामले सामने आये हैं इसके अलावा अन्य जिलों से भी पॉजिटिव मामले सामने आये हैं विभाग की रिपोर्ट के अनुसार राज्य के विभिन्न अस्पतालों में लगभग चौबीस हजार संक्रमितों का इलाज चल रहा है महामारी से राज्य में अब तक छह सौ एक लोगों की मृत्यु हुई है इधर स्वस्थ होने वालों की दर उनासी प्रतिशत से अधिक हो गयी है अब तक पंचानवे हजार तीन सौ बहत्तर लोग स्वस्थ हो चुके हैं इधर राज्य में अब तक तेईस लाख से अधिक कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उन इलाकों में कोविड जांच तेज करने को कहा है जहां रोगियों की संख्या अधिक है पटना के बिहटा में पांच सौ बिस्तरों का नया कोविड अस्पताल आज से शुरू हो जायेगा इस अस्पताल का निर्माण पीएम केयर्स फंड के तहत किया गया है वहीं पटना के एनएमसीएच में संक्रमित गर्भवती महिलओं के लिये विशेष वार्ड की व्यवस्था की गई है वहीं दूसरी ओर एनएमसीएच में ही प्लाज्मा थेरेपी से इलाज शुरू किया गया है सूचना और जन संपर्क विभाग के अधिकारिक सूत्रों ने बताया कि पीएम केयर्स फंड और रक्षा मंत्रालय की ओर से मुजफ्फरपुर में भी पांच सौ बेड का कोविड अस्पताल बनाया गया है यह अस्पताल तीस अगस्त से शुरू होगा राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने आज से फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों को चार घंटे ही खोलने का आदेश दिया है गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने बताया कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी लाने के उद्देश्य से पूरे राज्य में फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों को सुबह छह से दिन के दस बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है इससे पहले फल सब्जी और मांस मछली की द्वकानें सुबह छह से ग्यारह बजे तथा शाम में तीन से सात बजे तक खुलती थीं इस दौरान फल सब्जी और मांस मछली की दुकानों में काफी भीड़ देखा जा रहा था गृह विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अन्य सभी तरह की दुकान सुबह दस बजे से शाम छह बजे तक खुलेंगी इसके समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने कोविड उन्नीस संकमण की कड़ी को तोड़ने के लिए सुरक्षित दूरी का पालन करने की सभी से अपील की है साउंड बाईट अपने बुजुर्गो का ख्याल रखना अलग रखना दूरी बनानी लेकिन सोशली उनको इमोशनली उनको दूर नहीं करना और इसी तरह से जो दूरी बनानी है अपने को वर्कर के साथ में जहां हम जा रहे हैं जहां हम खड़े हो रहे हैं लाइन में खड़े हो रहे हैं शॉप पर हैं वर्कप्लेस पर हैं बहुत जरूरी है और साथ साथ में ये भी याद दिलाऊंगा कि हमें बार बार अपने हाथ भी धोने हैं या हैंड को सैनेटाइज करना है केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने कहा है कि देश इस वर्ष के अंत तक कोरोना संक्रमण के उपचार के लिए वैक्सीन विकसित कर लेगा उन्होंने पत्रकारों को बताया कि कोविड उन्नीस के उपचार के लिए देश में बन रही तीन में से एक वैक्सीन पूर्व नैदानिक मानव परीक्षण के तीसरे दौर में पहुंच चूकी है केंद्रीय स्वास्थ्य राज्यमंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि बिहार में कोरोना जांच बढ़ाने के लिए आठ जिलों में आरटी पीसीआर प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी ये स्थायी प्रयोगशालाएं बक्सर पूर्णिया मूंगेर और नालंदा सहित आठ जिलों में होंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय खिलौनों को बढ़ावा देने और वैश्विक स्तर पर इन्हें लोकप्रिय बनाने के उपायों पर वरिष्ठ अधिकारियों और मंत्रियों के साथ विचार विमर्श किया है भारत में अनेक खिलौना उद्योग समूह हैं और हजारों कारीगर इस काम से जुड़े हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि खिलौने न केवल सांस्कृतिक संपर्क मजबूत करते हैं बल्कि ये बच्चों में भी बिल्कुल आरंभ से जीवन और मानसिक कौशल का विकास करते हैं श्री मोदी ने कहा कि भारतीय खिलौना बाजार के विस्तार की अपार संभावनाएं हैं और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर इस उद्योंग में क्रांतिकारी बदलाव लाया जा सकता है चुनाव आयोग ने पिछले विभिन्न चुनावों में संदिग्ध गतिविधि और लापरवाही के आरोपित प्रदेश के अड़सठ दागी अधिकारियों और कर्मियों की सूची जारी कर दी है आयोग ने उनकी सूची जारी करते हये इन सभी को चूनाव कार्य से अलग रखने का निर्देश दिया है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रंजीता ने बताया कि आयोग की ओर से जारी सूची में शामिल लोगों पर विभागीय कार्रवाई चल रही है और इनमें से कुछ पर दण्डात्मक कार्रवाई भी हो चुकी है निर्वाचन आयोग ने कोविड उन्नीस महामारी के दौरान विभिन्न राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में आगामी चुनावों के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये हैं उम्मीदवार और चुनाव संचालन में लगे कर्मचारियों के लिए कड़े मानदंड तय किये गये हैं

घर घर चुनाव प्रचार के दौरान पांच से अधिक लोगों को एक साथ जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी रोड शो के दौरान पांच वाहनों के काफिलों के बीच अन्तर रखना जरूरी होगा

मतदान के दौरान प्रत्येक व्यक्ति को मास्क पहनना होगा प्रत्येक प्रवेश बिन्दु पर थर्मल स्कैनिंग आवश्यक होगी मतदान की प्रक्रिया के दौरान अगर किसी मतदाता का तापमान स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्धारित मानदंड से अधिक पाया जायेगा तो उसकी फिर से जांच की जायेगी

किसी मतदान केन्द्र पर एक समय में केवल एक हजार मतदाताओं को ही जाने की अनुमति दी जायेगी समाचार कक्ष से मैं मनीषा खन्ना राज्य सरकार ने प्रारंभिक शिक्षक नियोजन में अभ्यर्थियों को बिहार का मूल निवासी होना अनिवार्य कर दिया है शिक्षा विभाग की ओर से जारी नियमावली दो हजार बीस में इसका स्पष्ट प्रावधान कर दिया गया है इससे पहले पूरे देश में कहीं के भी अभ्यर्थी नियोजन प्रक्रिया में शामिल हो सकते थे इसके अलावा कक्षा एक से पांच तक टीईटी और समकक्ष स्पर्धाओं में मिलने वाले महत्व को अब पूरी तरह समाप्त कर दिये गये हैं साथ ही कक्षा छह से आठ तक के लिये मेरिट लिस्ट में मैंट्रिक और इंटर के मार्क्स का मूल्याकन नहीं होगा अब केवल स्नातक डिग्री और बीएड उपाधि की अनिवार्यता रहेगी सोशल मीडिया की एक खबर में दावा किया जा रहा है कि रेलवे ने वित्तीय संकट के कारण वर्ष दो हजार बीस इक्कीस के लिए अपने कर्मचारियों और पेंशवभोगियों का वेतन और पेंशन रोकने का फैसला किया है भारतीय रेलवे ने इस खबर का खंडन करते हुए इसे बेबुनियाद और मनगढंत बताया है रेलवे ने कहा कि सरकार द्वारा ऐसे किसी कदम पर विचार नहीं किया गया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज पटना के संजय गांधी जैविक उद्यान में शिशु गैंडे का नामकरण करेंगे लॉकडाउन के बीच विगत सोलह जून को पटना जू में शिशु गैंडे का जन्म हुआ था मुख्यमंत्री इस नामकरण के साथ ही चार नये वन प्राणियों के पिंजरों का भी शुभारंभ करेंगे राज्य सरकार ने केला उद्योग को बढ़ावा देने के लिये बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के माध्यम से कटिहार भागलपुर खगड़िया और पूर्णिया जिलों को छह लाख पौधे आवंटित कराये हैं इसके अंतर्गत किसानों के बीच अनुदान पर पौधे आवंटित किये जायेंगे बिहार पुलिस ने उनासी इंस्पेक्टरों का तबादला किया है सीतामढी जिले के परिहार प्रखंड के गोरहारी में सशस्त्र सीमा बल एसएसबी के जवानों ने ग्यारह सौ बोतल विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है भागलपुर जिले के गोराडीह प्रखंड अंतर्गत डहरपुर बिहार में पुलिस ने अवैध मिनी गन फैक्ट्री में छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध हथियार सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया है इस मामले में पुलिस ने पांच अपराधियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबर को अपनी प्रमुख सुर्खी बनायी है हिन्दुस्तान ने लिखा है बिहार के सभी घरों में लगेंगे बिजली प्री पेड मीटर दैनिक भास्कर ने इसी खबर को शीर्षक दिया है सीएम नीतीश ने ऊर्जा विभाग की चार हजार आठ र्सा पचपन करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया दैनिक जागरण ने पटना स्थित जीपीओ गोलंबर फ्लाई ओवर की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुये लिखा है आज से छह माह बंद रहेगा जीपीओ गोलंबर फ्लाईओवर का पश्चिमी रैंप प्रभात खबर की सुर्खी है अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच तेज ऑटोप्सी रिपोर्ट में खुलासा गर्दन पर था तैंतीस सेंटीमीटर लंबा निशान आज अखबार का शीर्षक है बिहार विधान सभा में चुनाव खर्च की सीमा बढ़ा सकता है निर्वाचन आयोग और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर राज्य में बाढ़ की स्थिति अभी भी गंभीर

अब तक पंचानवे हजार तीन सौ बहत्तर लोग हुये स्वस्थ

मीट और मछली की दुकानें भी सुबह चार घंटें ही खोली जा सकेंगी

आयोग ने इन सभी को चुनाव कार्य से अलग रखने का दिया निर्देश